मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए कोई भी कॉल कर सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए गए आपदा नियंत्रण कक्षों का टॉल फ्री नंबर एक शून्य सात सात जारी किया गया है

परिषद ने रबी फसलों की कटाई के दौरान किसानों के लिए परामर्श जारी किया है कृषि मंत्रालय ने कहा कि कामगारों को खेत में काम करते समय हर स्तर पर सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए नियंत्रण कक्ष दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए हिमाचल भवन नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो चौबीस घंटे कार्य करेगा

पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया है कि परवाणू बैरियर पर पुख्ता प्रबंध किये गए हैं और पूरी जांच के बाद ही ज़िले में प्रवेश दिया जा रहा है उधर बिलासपुर सदर के उपमंडल अधिकारी रामेश्वर ने बताया कि जिले में आवश्यक वस्तुओं व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए छोटे वाहनों को ही आवागमन की अनुमति प्रदान की जा रही है

मंत्रालय से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो भी संचालक इन चैनलों को प्रसारित नहीं करेगा उनके खिलाफ केवल कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने दिल्ली निजामुद्दीन में आयोजित धार्मिक समारोह में शामिल हिमाचलियों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला के मुताबिक मरकज से मंडी लौटे चार लोग घर में किए नज़रबंद

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है हिमाचल प्रदेश में बन रहा कोरोना के खिलाफ जीत का अस्त्र सैनेटाइजर हिमाचल दस्तक के अनुसार सीआरआई कसौली में भी होंगे कोरोना टैस्ट आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेशवासियों की हरसंभव सहायता कर रही सरकार हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों में रहने वालों के लिए जारी किए दूरभाष नंबर

अमर उजाला की सुर्खी है लाखों कर्मियों पैंशनरों को आज से मिलेगा बढ़ा डीए और मानदेय हिमाचल में नए वित्त वर्ष से बढ़ जाएगी मजदूरों की दिहाड़ी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

नमस्कार